उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह संवेदनशील है श्री चौधरी ने कहा कि मामले में उचित न्याय किया जाएगा

इधर युवक के परिजन मामले की न्यायिक जांच आर्थिक सहायता दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे है श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में कल हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी कराने के निर्देश जारी कर दिए गए है उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के नुकसान को लेकर चिंतित है श्री जूली ने कहा कि नुकसान का सर्वे कराकर किसानों की पूरी मदद की जाएगी गौरतलब है कि कल राज्य में अचानक मौसम में के बाद कई जगह बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सरसों की मुख्य फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है

घायलों को देवगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया

वहीं दो लोगों को उदयपुर रैफर किया गया

वही भरतपुर के चकदारापुर गांव के पास आज सुबह एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई कार में राजस्थान के कलाकार यात्रा कर रहे थे

घायलों का भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में उपचार किया जा रहा है घायलों में प्रसिद्व राजस्थानी कलाकार पारो सपेरा ं सहित कई महिलाएं भी शामिल है ये लोग झांसी में आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तृति देकर जयपुर लौट रहे थे केन्द्र सरकार ने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए है

इधर प्रदेश में भी महिलाओं और बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास जारी है इन्ही प्रयासों की कड़ी में महिला और बाल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए समय समय पर पुरस्कृत किया जाता है इसी श्रृंखला में महिला अधिकारिता विभाग टोंक जिले की ग्राम साथिन मनोज कंवर को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने जा रहा है मनोज कंवर को यह पुरस्कार कल जयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में दिया जाएगा विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि मनोज कंवर ने अपनी ग्राम पंचायत में बाल विवाह की रोकथाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के तहत जागरूकता फैलाने और विभागीय कार्यो में उल्लेखनीय कार्य किया है इधर महिला सशक्तिकरण पर आकाशवाणी से बातचीत में पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड ने कहा कि बेशक आने वाला समय महिलाओं का है लेकिन उन्हें अपनी ताकत और विश्वास को जगाना होगा

श्रीमती गांधी की ओर से यह चादर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे ने चढ़ाई और अकोदत के फूल पेश किए